मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा लोकतंत्र के महापर्व में नारी शक्ति की रहेगी अहम भूमिका लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन प्रक्रिया की गई पूरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के अनुसार पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार देवेश क्मार लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से निर्वाचन सेवाओं तथा विभिन्न पंजीकरण फार्म को ऑनलाईन भरने की सुविधा दी जाएगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने आज शिमला में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण आवेदन फार्म के लेन देन मतदाना सूची की प्रति पेज प्रिंटिंग मतदाता फोटो पहचान पत्र फार्म जमा करने सहित शिकायतों के पंजीकरण का मूल्य एक रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा देवेश कुमार ने कहा कि लोकमित्र केन्द्रों में आवेदक को नए पंजीकरण के लिए जन्म तिथि का प्रमाण जमा करवाना होगा और पहचान पत्र सात दिनों में बनाए जाएंगे

मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और इसमें नारी शक्ति की अहम भूमिका रहेगी वे आज हमीरपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारें हमेशा महिलाओं की हितैषी रहीं है और उनके उत्थान व सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर सम्भव कार्य करती है ऐसे में लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए महिला मोर्चा सराहनीय कार्य करेगा जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई उंचाईयों को छू रहा है और देश को फिर से उनकी आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से युवा नेता अनुराग ठाकुर को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है और इन्होंने संसद में हमेशा प्रदेश व हमीरपुर की आवाज को उठाया है उन्होंने कहा कि हमीरपुर भाजपा का मजबूत किला है और किसी भी नेता के कांग्रेस में जाने पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अनिल शर्मा भाजपा के सदस्य हैं और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे स्वीप कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत आज कल्लू विधानसभा क्षेत्र के पिपलागे गांव में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रशिक्षुओं को मतदान के महत्व से अवगत करवाया गया इस दौरान स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रमन जैन और सहायक नोडल अधिकारी राजीव चड़ढा ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की

वहीं ऊना स्थित महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत आज एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई इस अवसर पर विद्यार्थियों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया इधर कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुफरी राजकीय उच्च पाठशाला पटगैहर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्टाकुफर में भी स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा ने विद्यार्थियों से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का आहवान किया वहीं शिमला विधानसभा क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चैड़ा में सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज चांदला ने प्रशिक्षुओं को मतदान से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी डीसी शिमला शिमला के जिला निर्वाचन अधिकारी राजेशवर गोयल ने विभिन्न राजनीतिक दलों से आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है आज शिमला में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए गठित जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन आवश्यक है उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग और पोस्टर लगाते समय निजी सम्पत्ति मालिकों से अनुमति लेना अनिवार्य है और किसी भी सरकारी कार्यालय भवन अथवा संपत्ति पर बैनर होर्डिंग और पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों को निर्वाचन से संबंधित अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाईन सॉफ्टवेयर सुविधा का प्रयोग करने को कहा

रेंडमाईजेशन आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन प्रक्रिया पूरी की गई सोलन के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार की मौजूदगी में सोलन में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन की गई इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे रेंडमाईजेशन के बाद मशीनों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक निवार्चन अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच भण्डारण के लिए दिया गया

ये प्रक्रिया ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम सोफ्टवेयर के माध्यम से की गई

उन्होंने बताया कि अगले चरण की रेंडमाईजेशन प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर की जाएगी वहीं लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की रेंडमाईजेशन प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पूरी की गई इस बीच ऊना में भी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रेंडमाईजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति की मौजूदगी में किया गया बाद में मशीनों को नम्बर के अनुसार अलग अलग किया गया बिलासपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन प्रक्रिया पूरी की गई उन्होंने बताया कि ये मशीनें जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आबंटित कर दी गई है उधर कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कमार ने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली रेंडमाईजेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बाद में इन्हें संबंधित सभी सहायक निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जाएगा उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मशीनों की निगरानी के लिए उचित कदम उठाए गए हैं और सहायक निर्वाचन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम भी स्थापित किए जा चुके हैं सत्ती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और एकजुटता से कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने टिकट आवेदन के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं से हजारों रूपये वसूल किए और टिकट ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने न तो आवेदन किया था और न ही पैसे जमा किए थे अग्निहोत्री दूसरी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह एकजुट है जिसके चलते भाजपा नेता परेशान हो गए हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और अपनी सभी वायदों को पूरा करेगी अग्निहोत्री ने कहा कि जनता झूठे व हवाई जुमलो के विरूद्व जनादेश देगी धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि भारत अमेरिका चीन और रूस के बाद चौथा अंतरिक्ष महाशक्ति देश बन गया है वे आज हमीरपुर जिले की चारियां दी धार पंचायत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे